प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी चैनलों से किया जायेगा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त किये जाने के बाद श्री मोदी देशवासियों से इस संबंध में अपने विचार साझा कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रणब मूखर्जी ने स्वयं सम्मान ग्रहण किया जबकि मरणोपरांत सम्मानित होने वाले भूपेन हजारिका के बेटे तेज हजारिका और नानाजी देशमूख के एक रिश्तेदार वीरेन्द्र जीत सिंह ने ये सम्मान ग्रहण किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब सप्ताह में पांच दिन होगी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आज यह व्यवस्था दी पहले इस मामले की सुनवाई सप्ताह में तीन दिन होनी थी उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने संबंधी राष्ट्रपति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरन्त सुनवाई करने से इंकार कर दिया है यह मुद्दा न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए रखा गया था लेकिन न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई उपयुक्त समय पर होगी पटना हाईकोर्ट ने ट्रकों पर होने वाली ओवरलोडिंग और उसकी पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की एक याचिका पर राज्य सरकार से प्रछा है कि किस अधिकार के तहत प्रलिस ओवरलोडिंग की जांच करती है मामले की अगली सुनवाई चौदह अगस्त को होगी प्रदेश के बाढ़ प्रभावित तेरह जिलों में लगभग ढाई लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल को नुकसान हुआ है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इससे लगभग साढे तीन अरब रूपये के फसल नुकसान का अनुमान है उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही वास्तविक नुकसान का पता चलेगा कृषि मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा क्षति सीतामढ़ी मध्रबनी और दरभंगा जिलों में हुई है यहां पर धान और मकई की फसल को अधिक क्षति पहुंची है उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को वैकल्पिक फसल के बीज वितरित किए जायेंगे इन क्षेत्रों में किसानों को तीस तीस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा भी दिया जायेगा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि प्रदेश में एनडीए सरकार विकास के मुद्दे पर चल रही है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सरकार चलाने के लिये किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरत नहीं है धारा तीन सौ सत्तर को खत्म करने के केन्द्र सरकार के फैसले से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब यह कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि यह प्रावधान खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अब बीस अगस्त तक चलेगा पार्टी के संगठन मंत्री नागेन्द्र की अध्यक्षता में पटना में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान गंगा के तटीय क्षेत्र और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि मॉनसून के झारखंड और पश्चिम बंगाल में सक्रिय होने के कारण इसका असर बिहार में भी दिखेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पंद्रह अगस्त तक बादल छाये रहेंगे और इस अवधि में तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत छोड़ो आंदोलन की सतहत्तरवीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद कर रहा है आज ही के दिन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था बिहार का इस आंदोलन में निर्णायक योगदान रहा था एक रिपोर्ट साउंड बाईट नौ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद समेत कई नेताओं को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर के छात्र आंदोलन में और सक्रिय हो गये ग्यारह अगस्त को छात्रों का एक समूह जब पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने जा रहा था उसी दौरान उन पर कई राउंड फायरिंग की गयी पुलिस गोलीबारी में सात छात्र शहीद हो गये इन छात्रों की याद में बना शहीद स्मारक आज भी उनकी वीरता और शौर्य की गवाही दे रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत छोडो आंदोलन की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में एक विशेष समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की थी और अगस्त क्रांति के महत्व पर जोर दिया था

इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि भारत छोड़ों आंदोलन की वर्षगांठ पर कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से सविता पारीक जानी मानी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो एचडीएफसी बैंक और पेटीएम की ओर से आज मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया गया लार्सन एंड टुब्रो ने दस करोड़ जबकि एचडीएफसी बैंक ने चार करोड़ और पेटीएम की ओर से अस्सी लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा गया मुख्यमंत्री ने राहत कोष में अंशदान के लिये सभी कंपनियों को धन्यवाद देते हुए उनके इस सामाजिक पहल की सराहना की कटिहार जिले के अमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गदाई दियारा से अपराधियों ने दो बच्चियों का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है इधर सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान चौक के पास अपराधियों ने घर घुसकर एक होम्यापैथ चिकित्सक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से तीन सौ कार्टन शराब बरामद की है मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है वहीं वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत शर्मा गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन से चौवन कार्टन शराब बरामद की सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने पांच अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के चन्ही चौक के पास एक कार और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी सुपौल जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमहा चौक के पास पिछले दिनों एक निजी कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है खगड़िया सदर अस्पताल परिसर में एक पेड़ की टहनी टूटकर गिर जाने से एक एएनएम छात्रा की मौत हो गयी शेखपुरा की एक अदालत ने शराब पीने के आरोप में एक व्यक्ति को पचास हजार रूपये जुर्माना और तीन महीने कारावास की सजा सुनायी है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे